उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद सदस्यों से केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए उदारता से सहायता करने की अपील की है इधर केंद्र सरकार ने केरल में बाढ़ राहत कार्यो के लिए आयातित या भेजी गई सामग्री को सीमा शुल्क तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर से मुक्त करने का फैसला किया है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश केरल के साथ है इस बीच सेना नौसैना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का राहत और बचाव अभियान जारी है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने सभी राजनैतिक सामाजिक संगठनों और समाजों के प्रतिनिधियों से समा में हिस्सा लेने की अपील की है इधर श्री वाजपेयी के अस्थिकलश कल दिल्ली से जयपुर लाये जायेंगे गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पुष्कर सरोवर में भी किया जायेगा

राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने कल जयपुर में प्रदेश के विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने नोडल अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का फीडबैक लिया और उन्हें आयोग की गाइड लांइस के अनुरूप बनाई विस्तृत कार्य योजना के अनुसार काम करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विमाग के अधिकारी को निर्वाचन आयोग के आयुक्त के समक्ष तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी गौरतलब है कि इस महीने के अंत तक चुनाव आयुक्त के जयपुर आने की संभावना है

श्री महाजन कल जयपुर में प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से क्लस्टर आधारित विकास की संभावनाए तलाशने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि केन्द्र की सहायता से विभिन्न प्रदेशों में क्लस्टरों का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है ऐसे में राजस्थान में भी क्लस्टर विकसित कर छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत देनी होगी

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने ये जानकारी दी कल जयपुर में मिशन चिरायू स्टीयरिंग स्टेट कमेटी की बैठक में उन्होंने चिकित्सा संस्थान स्तर और फील्ड स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिकों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के निर्देश दिये

साल में खास मौको पर खुलने वाला यह दरवाजा इस दिन तड़के सुबह चार बजे खुलेगा और खिदमत के बाद दोपहर करीब ढाई बजे तक बंद कर दिया जाएगा बकरीद को देखते हुए दरगाह क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है और बकरा मंडी में बकरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुस्लिम समूदाय का बोहरा समाज ईद का त्यौहार आज मना रहा है

श्री मोदी ने दवीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

सर्तकत्ता दल जोन उपायुक्त से आपसी चर्चा कर अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने की प्रभावी कार्रवाई करेंगे कल महापौर अशोक लाहोटी ने नगर निगम के जोन उपायक्तों और विभिन्न शाखाओं के उपायक्तों की बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिये